आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन परेड को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था हो या दुश्मन से निपटने का हमारा सामर्थ्य हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ है हमारी सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं लेकिन अगर किसी ने छेडा तो हम उसे छोडते भी नहीं हैं हम शांति के प्रबल समर्थक हैं लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम नहीं च्रकेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट स्वच्छ भारत अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान हो जमा निकासी हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या पर्यावरण से जूड़े मुददे हो सभी को लेकर एनसीसी कैडेट का प्रयास सराहनीय है श्री मोदी ने केरल बाढ़ के दौरान राहत कार्यो में एनसीसी कैंडेटों के योगदान की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां लोगों की कई आकांवाएं हैं जिन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने पूरा करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है युवाओं की कड़ी मेहनत से ही सपने पूरे किए जा सकते हैं इससे पहले थलसेना नौसेना और वायुसेना के कैडटों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिसके बाद ट्कड़ियों ने मार्चपास्ट किया प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडटों को विमिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए उन्तीस राज्यों और सात केन्द्रशासित प्रदेशों से छः सौ अट्ठानवे महिला कैडटों सहित कुल दो हजार सत्तर कैडटों ने इसमें हिस्सा लिया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं

प्रधानमंत्री विद्यार्थियों रिक्तकों और अभिमावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण भी कई देशों में होगा आकाशवाणी और द्रदर्शन से इस कार्यक्रम का सीघा प्रसारण किया जायेगा

इसे देखते हये खेल के मैदान को सुरक्षित करने का निर्देश राजस्व विभाग को दे दिया गया है खेल मैदान मिलने के बाद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपनी प्रतिमा दिखाने का अवसर मिलेगा मुख्यमंत्री आज गोरखपूर के वीर बहाद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने साढे चार वर्ष में और प्रदेश सरकार ने पौने दो वर्ष में खेल की अवस्थापना सुक्विाओं का विकास किया है इससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधरा है और पदकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चौबीस करोड़ अट्ठानबे लाख की आठ परियोजनाओं का लोकार्पण और ग्यारह करोड़ छप्पन लाख की नौ परियोजनाओं का शिलान्यास किया कार्यक्रम में खेल मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद रहे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी इसके अलावा लोग बस्ती के इतिहास और संस्कृति के विषय में भी जान सकेंगे मुख्यमंत्री ने महोत्सव कार्यक्रम के दौरान ही चौंतीस करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्यण भी किया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल और बस्ती के सांसद हरीश ट्विवेदी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि अगर शबरीमला मामले में ऐसा हो सकता है तो लंबे समय से विचाराधीन अयोध्या मामले में भी यह संभव है श्री प्रसाद ने पटना में कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में मंदिर का निर्माण और उच्चतम न्यायालय में इस मामले की जल्दी सुनवाई चाहते हैं

विमान का पायलट पैराशुट से कूद गया जिससे उसकी जान बच गयी घायल चलक को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है